इस शिखर सम्मेलन का विषय है निष्पक्ष और स्थाई विकास के लिए आम सहमति

प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभाव केन्द्र सरकार क महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कौशल भारत डिजिटल इंडिया और वस्तु एवं सेवा कर सहित कई विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे

श्री मोदी ने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों और वित्तीय आतंक पैदा करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरसिमरत कौर बादल ने आज पाकिस्तान में डेरा बाबा नानक करतारपूर साहिब गलियारे के शिलान्यास समारोह में भाग लिया रवाना होने से पूर्व श्री पुरी ने कहा इस तीर्थ यात्रा के कार्य को सफल बनाने का अवसर मिलने पर मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रही है सिख समुदाय की ये बहुत पुरानी मांग थी जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे उस समय भी हमारी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस परियोजना की आधारशिला रखी

इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने सोमवार को पंजाब में गुरदासपुर जिले के मान्न गांव में पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे की आधारशिला रखी थी

विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि करतारपुर गलियारे की पहल का पाकिस्तान के साथ बातचीत से कोई संबंध नहीं है हैदराबाद में श्रीमती स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान जब भारत में आतंकी गतिविधियों रोकेगा तभी बातचीत शुरू हो सकती है उन्होंने भारत के इस रवैये को दोहराया कि बातचीत और आतंक साथ साथ नहीं चल सकते श्रीमती स्वराज ने कहा है कि सार्क शिखर बैठक के लिए पाकिस्तान के निमंत्रण को भारत स्वीकार नहीं कर रहा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक भारत में आतंकी गतिविधियों को नहीं रोकता तब तक उसके साथ संवाद नहीं हो सकता इसलिए भारत सार्क शिखर बैठक में भाग नहीं लेगा प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की योजना के अनुसार दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यूडीआईडी बनाये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं केन्द्र सरकार की परियोजना का प्रमुख उद्देश्य देश के सभी दिव्यांगजनों का एक समग्र डाटा बेस विकसित कर उसके तहत सभी दिव्यांगजनों का एक पहचान पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करना है

प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इस परियोजना के तहत जिलाधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी की एक तीन सदस्यीय टीम गठित होगी जो परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण करेगी उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो प्रमाण पत्र दिव्यांगजन को जारी किये जा रहे हैं वह केवल प्रदेश में ही मान्य है नये प्रमाण पत्र से दिव्यांगजन देश में कही भी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे

आंध्र प्रदेश में श्रीहरीकोटा अंतरिक्ष केन्द्र पर उल्टी गिनती सुचारू रूप से चल रही है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

समापन समारोह आज शाम तेलईगांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया कार्यक्रम में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री केजी अल्फोंस और गोआ की राज्यपाल मृदुला सिन्हा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे

इस वर्ष इस्राइल को विशेष देश और झारखंड को विशेष राज्य के रूप में शामिल किया गया ऐसा पहली बार हुआ है जब इफी में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया हो इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अमित खरे ने कहा कि उनन्चासवें फिल्मोत्सव के समापन के साथ ही अगले वर्ष गोल्डेन जुबली समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है उन्होंने कहा कि अगले फिल्म समारोह में इस बात का प्रयास होगा कि थियेटर और शो की संख्या बढ़ाई जाये तथा ज्यादा संख्या में लोग भाग ले सके केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया

इस अवसर पर मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम ने बच्चों को खेल भावना की शपथ दिलाई श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बच्चों के सुरक्षित भविष्य और विकास के लिए कई अहम कदम उठाये हैं प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए तैंतालीस अधिकारियों के तबादले किये हैं स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों में चौदह जिलों के पुलिस कप्तान शामिल है

यहां से शलभ माथुर को हटा कर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबद्ध किया गया है मिर्जा मंजर बेग को ललितपुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती मिली है स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों में उन्तीस भारतीय पुलिस सेवा और चौदह प्रान्तीय पुलिस सेवा के हैं रामपुर के सिविल लाइन में आज सुबह नेपाल से आ रही एक टूरिस्ट बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई जबकि चौबीस अन्य घायल हो गये घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल है यह बस नेपाल से दिल्ली जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके शाक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है

समाप्त